इनमें कुल्लू में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अर्द्व प्रतिमा के अनावरण के अलावा कुल्लू अस्पताल के प्रशासनिक खण्ड का लोकार्पण भी शामिल है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

उधर चम्बा में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने हिम सुरक्षा अभियान का शुभारम्भ किया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 राजीव सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज आईजीएमसी शिमला के कोविड वॉर्ड का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं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

रेणुका मेला सिरमौर ज़िले के अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आज विधिवत समापन हो गया उपायुक्त आर के परूथी ने देव पालकियों को कंघा देकर उन्हें अपने देव स्थलों की ओर विदा किया उन्होंने कहा कि मेले के दौरान इस बार करीब अढ़ाई हज़ार श्रद्धालु श्री रेणुका जी पहुंचे और सभी ने प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर सहयोग किया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 प्रकाशोत्सव श्री गुरु नानक जयंती और गुरुपर्व आज श्रद्दा और उल्लास के साथ मनाया गया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 उन्होंने सिक्ख धर्म की स्थापना की थी